और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण गर्मी से मिली राहत

आधारशिला रखने के बाद श्री मोदी ने कहा कि नौ सौ मेगावाट की यह पनबिजली परियोजना भारत की ओर से छह हजार करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जा रही है यह नेपाल में सबसे बड़ी परियोजनाओं में एक होगी उन्होंने कहा कि इससे नेपाल में आर्थिक क्षेत्र में व्यापार के अवसर बढ़ेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ कल शाम काठमांड् में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत एक समृद्ध राष्ट्र के रूप में नेपाल की आकांक्षाओं का समर्थन करता है उन्होंने कहा कि वे ऐसे विशिष्ट समय नेपाल की यात्रा पर हैं जब वहां संसदीय प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जल्दी ही काठमांडू में भक्तपूर कैंसर अस्पताल में भाभाट्रोन रेडिएशन थेरैपी मशीन स्थापित करेगा वहीं नेपाली प्रधानमंत्री श्री ओली ने कहा कि नेपाल और भारत ने रेल और जलमार्ग के जरिए कृषि और संपर्क क्षेत्रों में नई भागीदारी के लिए आवश्यक उपायों पर सहमति व्यक्त की केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि प्रश्नपत्रों को लीक होने से बचाने के लिये परीक्षा केंद्रों पर ही कंप्यूटर से प्रश्नपत्रों का प्रिंट निकाला जायेगा उन्होंने कहा कि परीक्षा के एक घंटे पहले केंद्राधीक्षकों को एसएमएस के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड मिलेगा जिसके बाद परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर प्रश्नों का प्रिंट आउट निकलेगा पथ निर्माण विभाग ने छोटी सड़कों की लीज की जिम्मेवारी जिलाधिकारियों को सौंप दी है भूमि सुधार विभाग ने छोटी सड़कों की योजनाओं के लिये इस नई व्यवस्था का निर्देश जारी करते हुये कहा है कि इससे सड़क योजनाओं के लिये जमीन मिलना आसान हो जायेगा साथ ही इसमें समय भी कम लगेगा विभाग के अनुसार पहले भूमि अधिग्रहण में देरी होने के कारण योजनायें पूरी नहीं हो रही थी जिसके कारण नई व्यवस्था की गयी है स्वास्थ्य विभाग ने कालाजार से प्रभावित राज्य के सैंतालीस प्रखण्डों में इसके उन्मूलन का लक्ष्य इस साल के अंत तक रखा है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने बताया कि कालाजार उन्मूलन का हर संभव प्रयास किया जा रहा है जांच और दवा की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी से मार्च तक कालाजार के आठ सौ सत्ताईस मरीज मिले हैं जिनका उपचार किया गया है श्री पाण्डेय ने कहा कि कालाजार मित्र घर घर जाकर रोगियों की पहचान कर रहे हैं और जागरूकता अभियान चला रहे हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि राज्य के दो सौ इकतालीस सरकारी कृषि प्रक्षेत्रों में विभिन्न फसलों के बीज का उत्पादन होगा सरकार ने बीज उत्पादन के लिये लगभग अठारह करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है उन्होंने कहा कि छह सौ पैंतालीस हेक्टेयर क्षेत्र में तीस हजार नौ सौ उनसठ क्विंटल बीज के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है राज्य के सभी जिलों के थानों में लंबित एससी एसटी के मामलों को जल्द निपटाने के लिये समय निर्धारित किया गया है पुलिस महानिरीक्षक कमजोर वर्ग ने बताया कि सभी जिले के थानों को निर्देश दिया गया है कि मामलों की सूची अविलंब तैयार कर उसका निष्पादन करें केंद्र सरकार राज्य में होमियोपैथिक चिकित्सा को बढ़वा देने के लिये क्षेत्रीय होमियोपैथिक रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा केंद्रीय होमियोपैथिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर राजकुमार मनचंदा ने श्री गुरू गोविंद सिंह अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद कहा कि होमियोपैथिक रिसर्च सेंटर से राज्य के सभी सरकारी और गैर सरकारी होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा जायेगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राज्य के सभी इंटर कॉलेजों को अपनी वेबसाइट बनाने का निर्देश दिया है बोर्ड के अध्यक्ष आंनद किशोर ने बताया कि वेबसाइट पर सभी जानकारी उपलब्ध होगी इसके लिये बोर्ड कॉलेजों और स्कूलों में कंप्यूटर की व्यवस्था करेगा उच्चतम न्यायालय ने देश के किसी भी क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िता को अब न्यूनतम पांच लाख रुपये और अधिकतम दस लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है योजना के तहत तेजाब हमलों की पीड़िताओं को भी मुआवजा देने की व्यवस्था है भोजपुर जिले में द्वितीय अपर जिला और सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने हत्या के मामले में बीएमपी के जवान को उम्र कैद की सजा सुनायी है साथ ही पचपन हजार रूपये का आर्थिक दंड भी लगाया है दरभंगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के दोनार सोनकी मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये हैं वहीं जिले के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के राजो गांव में एक अन्य घटना में दीवार गिरने से दो लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन लोग घायल हो गये खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के अंबा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब फैक्ट्री का खुलासा करते हये तीन सौ पचास लीटर देशी महआ शराब जब्त की है वहीं गया जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब की छह सौ पचास पीस टेट्रा पैक के साथ दो लोगों को पकड़ा है बंगाल की खाड़ी में बने उपरी हवा के चक्रबात के कारण राज्य में लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है पूर्वी हवा लगातार नमी बढ़ा रही है मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने प्रदेश में कल से लोकल थंडर स्टॉर्म विकसित होने की आशंका जतायी है वहीं राजधानी पटना में आंशिक बूंदा बांदी और राज्य के पूर्वी इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन चौदह मई से रणधीर वर्मा अंडर नाईंटीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन करेगा यह प्रतियोगिता राज्य के पांच जोनल केंद्रों पर खेली जायेगी प्रो कबड्डी लीग के नये सत्र के लिये राज्य के चार खिलाड़ियों की बोली लगेगी ये खिलाड़ी हैं पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के प्रवेश अजय गौतम और खगड़िया के अरमान रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार आज से पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में दो दिवसीय रग्बी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है पटना स्थित मोईनुल हक स्टेडियम के बहुउद्देशीय स्वरूप को बनाये रखने की मांग के समर्थन में स्टेडियम बचाओ मोर्चा ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है सारण जिले के मशरख थाना क्षेत्र के राजापट्टी गांव के पास बारातियों से भरी बोलेरो के एक अन्य वाहन से टकरा जाने के कारण पांच लोगों की मौत हो गयी जबकि दर्जनभर लोग घायल हो गये जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है बिहार राज्य परिवहन विभाग की एक टीम ने पटना के बांकीपुर बस पड़ाव पर खड़ी एक बस से लाखों रुपये मूल्य की लगभग साठ कार्टन दवा जब्त की है बरामद दवाओं की जांच औषधि विभाग के अधिकारी कर रहे हैं रेलवे अपने प्लेटफार्मों को शादी या बर्थडे पार्टी समारोह के आयोजन के लिये किराये पर देगा रेलवे बोर्ड के अनुसार समारोह में रेलवे उचित दर पर खाने पीने का समान भी उपलब्ध करायेगा राज्य के दस जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत पाइप से जलापूर्ति की जायेगी इस योजना में केंद्र सरकार पच्चीस प्रतिशत की राशि खर्च करेगी जबकि विश्व बैंक कुल खर्च का पचास प्रतिशत अनुदान के रूप में देगा उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद प्रदेश के सभी नौ मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ब्रेन डेथ कमिटी बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कमिटी में आठ चिकित्सक रखे गये हैं उन्होंने कहा कि इसका मुख्य मकसद अस्पतालों में मृतकों के अंग दान को बढ़ावा देना है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने आज लालू के बेटे की शादी में होगी सियासी दिग्गजों की जुटान को बड़ी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेपाल यात्रा से संबंधित खबर से शीर्षक बनाते हुये लिखा है भारत की पड़ोसी नीति में नेपाल का स्थान सर्वोपरि प्रभात खबर ने लालू प्रसाद को मिली जमानत पर शीर्षक दिया है लालू को मिली छह सप्ताह की औपबंधिक जमानत दैनिक भास्कर ने पूर्व एटीएस प्रमुख की आत्महत्या की खबर पर लिखा है पूर्व एटीएस प्रमुख हिमांशु राय ने आत्महत्या की एक पेज सुसाइड नोट में लिख कैंसर से पीड़ित हूं

और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण गर्मी से मिली राहत